इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महीने एक करोड़ से ज्यादा लोग इन केन्द्रों से लाभ उठाते हैं

अनुराग केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि जेनरिक दवाईयों की गुणवत्ता के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है जनऔषधि दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लाईव देखने के बाद उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता बेहतर है और इनके प्रयोग से गरीब व्यक्ति के धन की बचत होती है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय में चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी

योजना के तहत धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में आज उन्होंने लोगों से इन जनऔषधि केन्द्रों का लाभ उठाने का आग्रह किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मछली और इससे संबंधित उत्पादों को ग्रहण करने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता है

मार्च माह में हुई इस बर्फबारी ने समूचे प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर तेज़ कर दी है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में आज तीसरे दिन भी रूक रूक कर बर्फबारी का क्रम जारी है और घाटी में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग रवोलने का कार्य भी बाधित हुआ है कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा हो रही है हिमपात से आनी बंजार मार्ग वाया जलोड़ीजोत वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू ज़िला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है

ताजा बर्फबारी से खिड़की खड़ापत्थर कुफरी व नारकंडा में आवाजाही बंद है और ऊपरी शिमला को जाने वाले सड़क मार्गो से बर्फ हटाने का कार्य जारी है निचले ज़िलों में रूक रूक कर वर्षा हो रही है हालांकि मौसम विभाग ने कल से मौसम में सुधार की संभावना जताई है दुर्घटना चंबा ज़िले में चंबा बरौर सड़क मार्ग पर बरौर के पास एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मृत्यु जबकि एक अन्य घायल है ये वाहन सिल्लाधराट से चंबा की तरफ जा रहा था मृतकों के पहचान सिल्लाघराट के मुलाहना और मोहम्मद के रूप में की गई है